च्रनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू

चुनाव घोषणा चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश सहित पाँच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है

चुनावों की घोषणा के साथ ही इन राज्यों में आज से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन चुनावों में नई वी वी पैट मशीनों का इस्तेमाल किया जायेगा उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के हलफनामे के नियमों मे भी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक बदलाव किया गया है अब उम्मीद्वारों को उन विज्ञापनों के बारे में बताना होगा जो उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों के संदर्भ में मीडिया में प्रकाशित कराये हैं श्री रावत ने कहा कि निष्पक्ष मतदान के लिए राज्यों में तैयारियां की जा रही हैं आयोग इन तैयारियों पर पूरी नजर रख रहा है

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कान्ताराव ने भोपाल में पत्रकारों को बताया कि सितम्बर को निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया था इसके मुताबिक प्रदेश में कुल पांच करोड़ तीन लाख चौतीस हजार दो सौ साठ मतदाता इस बार अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे इस बार शत प्रतिशत फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की गई है और मतदाताओं को बीएलओ द्वारा घर घर मतदाता पर्ची वितरित की जायेगी उन्होंने बताया कि प्रदेश की कुल दो सौ तीस विधानसभा सीटों में से पैंतीस सीटें अनुसूचित जाति और सैतालीस अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है प्रदेश में पैसठ हजार तीन सौ इकतालीस मतदान केन्द्र बनाये गये हैं इनमें सत्रह हजार छत्तीस मतदान केन्द्र शहरी और अड़तालीस हजार तीन सौ पांच मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में होंगे उन्होंने बताया कि चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाये इसके लिए जरूरी निर्देश दिये गये हैं मतदान के दौरान राज्य में छियासठ दिन तक चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी

उन्होंने राजनैतिक दलों से भी आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने की अपील की जेटली बयान केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि मोबाइल फोन और बैंक खातों को आधार से अब भी जोड़ा जा सकता है इसके लिए संसद में कानून पास कराना जरूरी होगा हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि सरकार ऐसा कानून लायेगी या नहीं

ऐसे में कानून में संशोधन कर मोबाइल और बैंक खाते आधार से जोड़े जा सकते हैं उन्होंने कहा कि आधार नागरिकता पहचान पत्र नहीं है यह एक सिस्टम है जिससे सभी तरह के लोगों को सब्सिडी और योजनाओं के माध्यम से सरकारी पैसा मिलता है

श्री शाह ने बाद में पार्टी के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने कार्यकर्ताओं को गीता का पाठ पढ़ाया और उन्हें कृष्ण की तरह चुनावी समर में जुट जाने का आहवान किया ताकि प्रदेश में पार्टी चौथी बार सरकार बना सके उन्होंने कहा कि पन्द्रह साल पहले कांग्रेस शासनकाल के दौरान प्रदेश की हालत खराब थी भाजपा सरकार ने प्रदेश की तस्वीर बदल दी है प्रदेश में किये गये विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सहित अन्य नेताओं को विकास के मुददे पर भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता से बहस की चुनौती भी दी उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जितने काम पिछले चार सालों में किये गये हैं उतने काम कांग्रेस के चालीस साल के शासन में भी नही किये गये

सेना को बन रैंक वन पैंशन देने का वादा पूरा किया गया है और किसानो को फसल का डेढ़ गुना दाम देने की घोषणा की गई है गरीबों के हित में लागू की गई योजनाओं से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह भी मौजूद थे श्री शाह ने इंदौर के बाद झाबुआ जावरा और उज्जैन मे भी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया राहुल गांधी वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज प्रदेश दौरे पर मुरैना पहुंचे उन्होंने भू अधिकार को लेकर एकता परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार मिलना चाहिये और यदि मध्यप्रदेश में हमारी सरकार आती है तो हम आदिवासियों की मांगो को प्राथमिकता से पूरा करेंगे उन्होंने कहा कि भाजपा केवल आश्वासन देने का काम कर रही है और आज तक एक भी वादे को पूरा नहीं किया है उल्टा नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों से आम लोगों को परेशान करने का काम किया है सभा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और एकता परिषद के अध्यक्ष पी वी राजगोपाल ने भी संबोधित किया हमारे मुरैना संवाददाता ने बताया कि राहुल गांधी द्वारा आश्वस्त किये जाने के बाद एकता परिषद ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है मुरैना के बाद राहुल गांधी जबलपुर पहुंचे जहां उन्होंने नर्मदा आरती के बाद रामपुर तिराहे से आठ किलोमीटर तक रोड शो किया सपा ऐलान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी उन्होंने आज लखनऊ में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने गठबंधन को लेकर बहुत इंतजार करवाया इसलिए अब हमने उसके साथ गठबंधन न करने का फैसला लिया है श्री यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इन तीनों राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल कर चुनाव लड़ेगी